मौसम विभाग ने अठाईस जून तक प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है इस दौरान राज्य के नेपाल से सटे जिलों उत्तरी और मध्य बिहार के जिलों में लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गयी है इधर राज्य में पिछले छत्तीस घंटों के दौरान वज्रपात की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर एक सौ पंद्रह हो गयी है आज गया के मानपुर और जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र में वज्रपात से एक एक व्यक्ति की मौत हो गयी हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि किशनगंज दरभंगा मधुबनी गया औरंगाबाद अररिया पूर्णिया कटिहार सुपौल पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किशनगंज जिले के बहादुरगंज और दरभंगा जिले के हायाघाट में सबसे अधिक एक सौ तीस मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी है वहीं औरंगाबाद में दाउदनगर में एक सौ बीस गया और बोधगया में एक सौ दस मिलीमीटर वर्षा हुई है पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी और सीवान जिले के पचरूखी तथा हुसैनगंज में नब्बे मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हुई है इधर पटना और आसपास के जिलों में भी सुबह से रूक रूक कर हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है पटना के राजेन्द्र नगर बहादुरपुर कंकड़बाग सहित अन्य निचले इलाकों में जल जमाव से लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है वहीं खुले नालों और विकास कार्यों के लिये खोदे गये गड्ढों में पानी भर जाने से लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है गया से हमारे संवाददाता ने बताया कि गया मुगलसराय रेलखंड पर कष्ठा स्टेशन के पास डाउन लाईन पर पानी भर जाने से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है इस रेलखंड पर रेलगाड़ियां लूप लाईन से चलायी जा रही है जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण गंगा गंडक बागमती घाघरा महानंदा कमला बलान सहित राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है हमारे संवाददाता ने बताया कि कटिहार जिले में महानंदा नदी के जलस्तर में पचास से सत्तर सेंटीमीटर तक बढ़ोतरी हुई है नदी में उफान के कारण कदवा और आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है वहीं गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है गोपालगंज के डुमरिया घाट में यह खतरे के निशान के ऊपर बह रही है बागमती नदी सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज में खतरे के निशान को पार कर गयी है वहीं मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में इसका जलस्तर खतरे के निशान से केवल तीस सेंटीमीटर नीचे है कोसी और कमला बलान नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है खगड़िया के बलतारा में कोसी नदी लाल निशान के ऊपर बह रही है जबकि कमला बलान ने मधुबनी जिले के जयनगर में लाल निशान को छू लिया है अररिया में परमान नदी के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से नदी का जलस्तर खतरे के निशान से इकतालीस सेंटीमीटर ऊपर चला गया है इधर गंगा नदी के जलस्तर में पटना मुंगेर और भागलपुर में विभिन्न घाटों पर बढ़ोतरी देखी जा रही है इधर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बैठक की और बाढ़ से निपटने के लिये सभी इंतजाम करने के निर्देश दिये पटना शहर में जल जमाव की स्थिति को लेकर पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है राज्य सरकार के दावे के बावजूद जल जमाव होने पर इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर की गयी है जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह निर्देश दिया इधर फसल को क्षति पहुंचाने वाले टिड्डियों का दल उत्तर प्रदेश से होते हुए बक्सर पहुंच गया है इसके बाद जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है जिलाधिकारी ने बताया कि राजपुर और चौसा प्रखंड में कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा टिड्डी नाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है फायर ब्रिगेड की टीम की भी सहायता ली जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ संघर्ष जारी है वीडियो कांफ्रेंस के जरिये उत्तर प्रदेश में एक योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चूंकि इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है इसलिए इस संक्रमण से बचने का उपाय केवल मास्क और दो गज की दूरी या सुरक्षित दूरी है

ये दवाई है मुंह ढ़कना फेसकवर या गमछे का इस्तेमाल करना जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है टीका नहीं बनता है हम इसी दवाई से इस कोरोना को रोक पाएगे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के एक सौ तेईस नये मामलों की पुष्टि के साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर आठ हजार छह सौ ग्यारह हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि सबसे अधिक चौदह मामलों की पुष्टि नवादा जिले में हुई है वहीं पटना और गोपालगंज में तेरह तेरह मामले सामने आये हैं भागलपुर में बारह अररिया में ग्यारह बेगूसराय समस्तीपुर और गया में आठ आठ लोग संक्रमित पाये गये हैं वहीं मुंगेर में दस औरंगाबाद कटिहार और पूर्णिया में तीन तीन जबकि सारण और किशनगंज जिले में दो दो मामलों की पुष्टि हुई है दरभंगा और जहानाबाद में एक एक मामला सामने आया है इस महामारी से राज्य में अब तक संतावन लोगों की मृत्यू की पुष्टि हुई है वहीं छह हजार चार सौ से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में कोविड उन्नीस का पता लगाने के लिये अब तक एक लाख अस्सी हजार से अधिक नमूनों की जांच की गयी है देश में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या बढकर चार लाख नब्बे हजार से अधिक हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के सत्रह हजार से अधिक मामले सामने आये हैं वहीं देश में इस महामारी से स्वस्थ होने की दर अंठावन दशमलव दो चार प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान तेरह हजार नौ सौ चालीस रोगी स्वस्थ हुए इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख पचासी हजार छह सौ सैंतीस हो चुकी है एक लाख नवासी हजार चार सौ तिरसठ मरीजों का इलाज चल रहा है इधर एक दिन में इस संक्रमण से चार सौ सात लोगों की मृत्यु होने के साथ मृतकों की संख्या पंद्रह हजार तीन सौ एक हो गई है

प्राप्त जानकारी के अनुसार जदयू के तीन भाजपा के दो और राष्ट्रीय जनता दल के तीन प्रत्याशियों के नामांकन पर्चे वैध पाये गये हैं जबकि कांग्रेस प्रत्याशी समीर कुमार सिंह के नामांकन पत्र की अभी जांच चल रही है जदयू ने कांग्रेस प्रत्याशी की उम्मीदवारी को खारिज करने की मांग की है पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन पत्र में दी गयी सूचना में आयकर और संपत्ति के ब्योरे में एकरूपता नहीं है हालांकि समीर कुमार सिंह ने दस्तावेज के साथ ब्योरे में सुधार के लिये आवेदन दिया है जिस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की उपस्थिति में जांच की जा रही है प्रत्याशी उनतीस जून तक नाम वापस ले सकते हैं निर्वाचन आयोग ने आज बिहार विधान सभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सर्वदलीय बैठक की इसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने की विशेष तौर पर इस बात पर चर्चा हुई कि कोविड उन्नीस के संक्रमण में मतदान कैसे कराया जाये भाजपा जदयू राजद कांग्रेस सीपीआई सीपीएम रालोसपा हम सहित राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने बैठक में चुनाव से संबंधित मृद्दों पर अपने अपने सुझाव दिये बैठक के दौरान चूनाव प्रचार के तौर तरीकों मतदान केंद्रों की सुरक्षा और उनके गठन में मतदाताओं की सुविधा आचार संहिता के अनुपालन मतदाता पहचान पत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई सूत्रों के अनुसार जदयू ने एक ही चरण में सभी दो सौ तैंतालीस सीटों पर मतदान कराने का सुझाव दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से सूबह ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह छियासठवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाईल एप पर उपलब्ध रहेगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों गलवान घाटी में शहीद सेना के पांच जवानों के एक एक निकटतम आश्रित को सरकारी नौकरी देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी रेलवे ने बारह अगस्त तक मेल एक्सप्रेस यात्री और उपनगरीय सेवा सहित सभी नियमित समय सारणी से चलने वाली यात्री सेवाएं रद्द करने का फैसला किया है एक जुलाई से बारह अगस्त के बीच यात्रा के लिए नियमित समय सारणीबद्ध रेलगाडियों के लिए बुक किए गए सभी टिकट रद्द समझे जाएंगे और उनका पूरा रिफंड यात्रियों को किया जाएगा इधर वर्तमान में सभी दो सौ तीस स्पेशल रेलगाडियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलती रहेंगी जिनके लिए इक्कीस मई को या उसके बाद टिकट बुक किए जा रहे हैं इनमें बारह मई से शुरू हुई स्पेशल राजधानी और एक जून से शुरू हुई स्पेशल और मेल एक्सप्रेस सेवा जारी रहेगी इससे पहले रेलवे ने तीस जून तक बुक किए गए सभी टिकट रद्द करने और यात्रियों को उनका पूरा रिफंड करने की घोषणा की थी सड़क परिवहन और राष्ट्रीय मार्ग मंत्रालय ने कहा है कि मामूली से मध्यम स्तर के कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति भी ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली में इस संबंध में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है मंत्रालय दिव्यांगजनों को यातायात से संबंधित सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा ड्राइविंग लाइसेंस देने के उपाय करता रहा है जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर की समाप्ति के बाद पहला डोमेसाइल यानी मूलवासी का प्रमाण पत्र दिया गया है दरभंगा के रहने वाले और आईएएस अधिकारी नवीन कुमार चौधरी को यह अधिवास प्रमाण पत्र दिया गया गौरतलब है कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए लागू रहने के कारण कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर का डोमेसाइल का हकदार नहीं था जिससे वहां जमीन खरीदने और नौकरी के आवेदन पर राज्य के बाहरी लोगों को अनुमति नहीं थी उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने पहली से पंद्रह जुलाई तक होने वाली दसवीं और बारहवीं की होने वाली शेष परीक्षाएं अब रद्द कर दी हैं सीबीएसई ने कहा है कि रद्द परीक्षाओं में छात्रों का मूल्यांकन सक्षम समिति के सुझावों के अनुसार किया जाएगा गया जिले में नगर थाना क्षेत्र में करंट लगने से मगध विश्वविद्यालय के रजिस्टार प्रोफेसर राधेकांत प्रसाद की मृत्यु हो गयी